यह दिवस समाज में स्त्री पुरुष समानता लाने महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है इस वर्ष का थीम है स्त्री प्ररुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान विश्व महिला दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफेसिंग से देश के सात राज्यों की महिलाओं से चर्चा करेंगे इनमें धार जिले के स्वयं सहायता की जीना भाटी और बशु इस्के भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री को समूह से जुड़ी महिलाओ की कहानी सुनाएगी हमारे संवाददाता सुनील सचान से बातचीत में जीना भार्टी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से संवाद को लेकर बहुत उत्साहित हैं

प्रत्येक सभा के लिए एक शासकीय महिला अधिकारी या कर्मचारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सबला महिला सभा का आयोजन किया जायेगा वहीं एक अन्य कार्यक्रम में महिला मेला और महिला कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है गुना जिले में भी आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं

धार उज्जैन सागर राजगढ़ आगरमालवा देवास श्योपुर भिंड मुरैना नीमच बड़वानी झाबुआ रतलाम सिवनी नरसिंहपुर रायसेन शहडोल उमरिया सिंगरौली कटनी और मण्डला सहित सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएगे महिला कैंपेन फ्लेगशिप महिलाओं को अगर पूरा मौका दिया जाए तो वे भी बराबरी से हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकती है इसका उदाहरण रतलाम डीजल शेड की महिलाओं ने पेश किया

श्री सिंह कल आगरमालवा जिले के ग्राम सिंगावद में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नौजवान व किसान है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू दयूब दिवटर और फेसब्रक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं कोरोना नोवल कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि संक्रमण की आशंका के चलते सार्वजनिक समारोहों का आयोजन न करें या उन्हें आगे की तारीखों के लिए टाल दें अगर समारोह आयोजित करना जरूरी ही हो तो उसकी रोकथाम के जरूरी उपाय किए जाएं जिससे कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके

सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से आज महिला दिवस पर आयोजित किया जाने वाला जिलास्तरीय सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया है महिला क्रिकेट आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट ट्वेंटी टवेंटी के फाइनल में आज मेलबर्न में भारत का मुकाबला वर्तमान चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया से होगा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े बारह बजे शुरू होगा भारत इस प्रतियोगिता में अब तक अजेय रहा है ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता में लगातार छठी बार जबकि भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं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

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कलेक्टर गाइडलाइन को यथावत रखने का फैसला किया गया